उन्होंने कहा कि मौजुदा सरकार ने सब का साथ सब का विकास के मुल मंत्र को अपनाते हुए आम आदमी के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है सुरेश भारद्वाज आज शिमला जिला के चौपाल उपमंडल के थरोच में वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के अतिरिक्त भवन के लोकार्पण के बाद छात्रों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने इस मौके पर स्कूल के वार्षिक समारोह और अखंड ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती कार्यक्रम की अध्यक्षता भी की

कप्र खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने कहा है कि राज्य सरकार खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता को लेकर कोई भी समझौता नहीं करेगी

लाहौल जिला प्रशासन और सीमा सड़क संगठन ने इस दर्रे को मौजूदा सर्दियों के सीजन में अंतिम बार यातायात के लिए खोलने का निर्णय लिया हैं ताकि घाटी में फंसे वाहनों और लोगों को निकाला जा सके लाहौल स्पीति के उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी ने आज केलंग में कहा कि इसके लिए आज से मनाली की ओर से बीआरओ ने बर्फ हटाने का काम आरंभ कर दिया है उन्होंने कहा कि रोहतांग दर्रे की विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए दर्रे के दोनों ओर मढ़ी और कोकसर में बचाव चौकियां स्थापित की गई है उन्होंने रोहतांग दर्रा पार करने वाले यात्रियों से इन दोनों ही बचाव चौकियों पर पंजीकरण करवाने को कहा है ताकि किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों की मदद की जा सके

सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि महिला शक्ति केन्द्र योजना के लागू होने से राज्य की ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने में मदद मिलेगी साथ ही ये योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी मददगार होंगी राजीव सैजल ने आज शिमला में कहा कि इस योजना के उददेश्य ग्रामीण महिलाओं को सतत आजीविका अवसरों से जोड़ना और प्रशिक्षण प्रदान कर उनके कौशल उन्नयन की परिकल्पना करना है सैजल ने कहा कि उनका विभाग समाज के निचले तबके गरीब बेसहारा और वुद्धजनों के उत्थान के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है इससे पूर्व गत सांय राजीव सैजल ने सोलन की चामत मड़ेच पंचायत के दयारशघाट गांव में आयोजित मेले के मौके पर एक जनसभा को भी संबोधित किया अनुराग सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केन्द्र सरकार की एकीकृत ऊर्जा विकास योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति तथा वितरण में व्यापक सुधार हुआ है

उन्होंने कहा कि बिजली के क्षेत्र में सरकार की ये योजनाएं उज्जवल भविष्य की दिशा में एक सकारात्मक कदम है राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि खेलें हमेशा ही रोमांच और जिन्दादिली की भावना पैदा करती है सेंटर आफ एक्सिलेंस राजकीय महाविद्यालय संजौली में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय महिला कबड्डी प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर राज्यपाल ने खिलाडियों से खेल को सच्चे खिलाडी की भावना से खेलने का आहवान किया उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिता का उद्देश्य युवा पीढ़ी को स्वास्थ्य व अनुशासन के बारे में जागरूक करना है उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से मिनी भारत की झलक को देखा जा सकता है

गोबिंद सिंह वन मंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर ने अध्यापकों और अभिभावकों का आहवान किया है कि वे भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए एकजुट होकर काम करें गोबिंद ठाक्र आज बिलासपुर में सरस्वती विद्या मंदिर के वार्षिक समारोह के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने विद्यार्थियों को संस्कारयुक्त शिक्षा उपलब्ध करवाने पर जोर दिया